श्री मोदी जी ने आज नमो ऐप के जरिए प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों से संवाद करते हुये कहा कि अधिक से अधिक महिलाओं दिव्यांग भाई बहनो और एससी एसटी ओबीसी तथा अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को मकान मिले यही इस योजना का मुख्य उद्देश्य है इसके अलावा प्रधानमंत्री आवास योजना लोगों के लिये रोजगार के अवसर भी उपलब्ध कराया जायेगा

इस अवसर पर प्रदेशभर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किये जा रहे हैं भोपाल स्थित समन्वय भवन में आज शाम राज्य पर्यावरण पुरस्कार समारोह आयोजित किया जा रहा है जिसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और पर्यावरण मंत्री अंतरसिंह आर्य विशेष रूप से शामिल होंगे मुख्यमंत्री श्री चौहान ने विश्व पर्यावरण दिवस पर नागरिकों से प्रदेश को प्लास्टिक मुक्त बनाने के लिये संकल्पित होकर कार्य करने का आव्हान किया है मुख्यमंत्री ने कहा कि पर्यावरण के लिये प्लास्टिक सर्वाधिक हानिकारक पदार्थ है धरती पर प्लास्टिक कचरे की मोटी होती परत मनुष्यों पशुओं जीव जन्तुओं पेड़ पौधों हवा पानी सबके लिये खतरा बन गई है राज्य शासन प्लास्टिक के खतरों से निपटने के लिये प्रतिबद्ध है उन्होंने नागरिकों का आव्हान किया है कि वे प्रदेश को प्लास्टिक प्रदूषण मुक्त बनाने में भरपूर योगदान दें सरकार के प्रयासों में सहयोग प्रदान करें राहुल दौरा कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी कल मंदसौर जिले के एक दिवसीय दौरे पर आ रहे हैं इस दौरान वे पिपलिया मंडी में एक जनसभा को संबोधित करेंगे

इस सभा में द्विंगत किसानों को श्रद्धांजलि भी दी जायेगी पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार सिंह ने बताया कि श्री गांधी के दौरे के मद्देनजर सभी तैयारियां कर ली गई हैं कानून व्यवस्था बनाये रखने पुख्ता सुरक्षा बंदोबस्त किए गए है

हवाई पट्टी से सभा स्थल तक ड्रोन कैमरों से भी लगातार नजर रखी जाएगी

श्री चौहान ने भोपाल में राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन की शासी परिषद की बैठक में ये निर्देश दिये उन्होंने कहा कि कौशल उन्नयन कार्यक्रम के तहत गरीब प्रशिक्षित हितग्राहियों को रोजगार दिलाने के बाद भी इस कार्य की निगरानी हो

कृषि कल्याण केन्द्र सरकार ने कृषि कल्याण अभियान शुरू करने की घोषणा की है इसमें चुने हुये गांवों के किसानों को कृषि तकनीक में सुधार और आय बढ़ाने के बारे में सलाह और सहयोग दिया जायेगा